इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने श्री वाजपेयी के पार्थिव शरीर पर प्रष्पचक्र अर्पित किये इससे पहले श्री वाजपेयी की अंतिम यात्रा भाजपा मुख्यालय से शुरू होकर बहादुर शाह जफ़र मार्ग होते हुये स्मृति स्थल तक पहुंची उनकी अंतिम यात्रा के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता मंत्री और मुख्यमंत्री उमस और कड़ी धूप के बीच लगभग आठ किलोमीटर तक पैदल चलकर स्मृति स्थल पहुंचे पूरे रास्ते में सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि दी स्मृति स्थल सार्क देशों के प्रतिनिधि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित विभिन्न दलों के नेता और विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद थे प्रदेश शोक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद समूचे देश की तरह मध्यप्रदेश भी शोक लहर है श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके सम्मान में प्रदेश में सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है इसी क्रम में आज प्रदेश के समस्य शासकीय कार्यालय और संस्थान बंद थे सभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया

वहीं राजधानी भोपाल समेत प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में भी आज लगभग सभी बाजार बंद रखे गए विभिन्न व्यापारी एसोसिएशन की ओर से मिली जानकारी अनुसार आज सभी व्यवसायिक संगठनों ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखा श्री वाजपेयी की जन्मस्थली ग्वालियर में भी उनके निधन की खबर के बाद से शहर शोक में डूबा हुआ है उनकी स्मृति में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए वहीं ग्वालियर उमरिया इंदौरउज्जैन अनूपपुरझाबुआ खंडवा नीमच आगरमालवा सहित शहरों में श्री वाजपेयी को श्रद्वांजलि दी गई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

यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है

इन्हें अहमदाबाद पुणे लखनऊ देहरादून और हैदराबाद की यात्रा करवाई जायेगी

फरियादी ने डॉक्टर को जैसे ही केमिकल लगे नोट दिए टीम ने डॉक्टर के यहां छापा मार दिया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया

राज्य शासन द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है अभिलेख खरगोन जिले की तहसील कसरावद के नए गांव बिलीदड़ नांदला और राघौगड़ के अधिकार अभिलेख बनाने के निर्देश दिये गए हैं इसी तरह भीकनगाँव तहसील के ग्राम लोहारिया फाल्या में भी अधिकार अभिलेख बनेंगे प्रधिकृत अधिकारी संबंधित तहसीलदार होंगे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

जिसके चलते जलभराव की स्थिति बन गई है अलीराजपुर में तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं वहीं झाबुआ संवाददाता ने बताया है कि कल से लगातार हो रही बारिश के चलते निचली बस्तियों में पानी भर गया है

तथा कुछ गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है बड़वानी में भी अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं